जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात का यह इकतालीसवां संस्करण होगा इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा यह प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा डीडी न्यूज के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट इन पर भी इसे प्रसारित किया जाएगा मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को मैथिली भाषा में आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का कल रात दुबई में निधन हो गया वे चौवन वर्ष की थीं सूत्रों के अनुसार वे एक पारिवारिक समारोह में भाग लेने दुबई गई थीं जहां दिल का दौरा से उनकी मृत्यु हो गयी पद्मश्री से सम्मानित श्रीदेवी ने चार दशक से अधिक के अपने फिल्मी करियर के दौरान हिन्दी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए श्रीदेवी ने सत्तर के दशक में हिन्दी फिल्मों में सोलवां सावन फिल्म से कदम रखा और हिम्मतवाला तोहफा मिस्टर इंडिया और चांदनी जैसी कई हिट फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरा उनके असमायिक निधन से फिल्म जगत के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी शोक की लहर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी समेत कई जानी मानी हस्तियों ने श्रीदेवी के निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि श्रीदेवी एक लोकप्रिय कलाकार थी उन्होंने कहा कि उनके असामयिक निधन से दुःख हुआ है और उनके परिवार के साथ मेरी संवेदना है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपूर जिले के मीनापूर थाना क्षेत्र में छात्रों को कुचलने के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है इस बीच हादसे की जांच के लिए पुलिस की विशेष टीम गठित की गयी है गौरतलब है कि धर्मप्रर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कल दोपहर स्कूल की छुट्टी के बाद सड़क पार कर रहे थे इसी दौरान अनियंत्रित चरपहिया वाहन ने बच्चों को कुचल दिया इस दुर्घटना में नौ छात्रों की मौत हो गयी जबकि बीस से अधिक बच्चे घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है गम्भीर रूप से घायल एक बच्चे को पीएमसीएच रेफर किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक बच्चों के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों के निजीकरण की सम्भावना से इंकार करते हुये कहा कि फिलहाल देश की राजनीतिक सोच इसके पक्ष में नहीं है पीएनबी में हुये घोटाले के खुलासे के बाद सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंको का निजीकरण करने की मांगों पर विराम लगाते हुये उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण के लिए बड़ी राजनीतिक सहमति की जरूरत है इसके लिए कानून में बदलाव भी करने होंगे नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुये उन्होंने ऑडिटरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुये कहा कि प्रणाली में नियामकों की भूमिका अहम होती है और उन्हें जवाबदेह बनना होगा केन्द्रीय जल संसाधन और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गंगा के विकास पर सरकार की तीन हजार करोड़ रुपए खर्च करने की प्रतिबद्धता है सागरमाला परियोजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर क्ल सोलह लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा श्री गडकरी ने कहा कि निर्मल गंगा से संबद्ध कई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और कई अन्य पर तेजी से काम चल रहा है नई दिल्ली में वैश्विक बिजनेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा की सफाई से जुड़ी एक सौ नवासी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य चल रहा है जबकि इससे जुड़ी इकतालीस परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया गया है उन्होंने गंगा के प्रद्षण पर चिंता जताते हुये कहा कि देश के दस शहर मुख्यरूप से कानपुर इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि अगले वर्ष से एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम घटाकर आधा कर दिया जायेगा श्री जावडेकर ने कहा कि स्कूली छात्रों को राहत देने और शिक्षा में मूलभूत सुधार के उद्देश्य से सरकार ने यह बदलाव करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में स्कूल का पाठ्यक्रम स्नातक के कोर्स से भी ज्यादा है और इसे घटाने की आवश्यकता है श्री जावडेकर ने उम्मीद जताई की अगले शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू होने के बाद सिलेबस को लेकर छात्रों का तनाव कम होगा और उन्हें सर्वांगीण विकास के लिए ज्यादा समय मिल सकेगा आयकर विभाग बालू कारोबारी सुभाष यादव मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ करेगा इसके अलावा सुभाष यादव उसके सीए और पूर्व विधान पार्षद् हुलास पांडेय सहित लगभ एक दर्जन लोगों से पूछताछ होगी इनकम टैक्स विभाग राबड़ी देवी सहित सभी लोगों को जल्द ही समन भेजेगा विभाग पटना में मरछिया देवी कम्पलेक्स के निर्माण में धन के स्त्रोत की जांच कर रहा है इस कांम्पलेक्स की जमीन राबड़ी देवी के नाम थी जबकि इसमें बने अपार्टमेंट में से राबड़ी देवी के एक फ्लैट को सुभाष यादव ने खरीदा था सीबीआई की टीम ने नबीनगर बिजली परियोजना में दो करोड़ रूपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में औरंगाबाद के जिलाधिकारी कंवल तनुज से प्रछताछ की पटना में लगभग सात घंटे तक चली इस प्रछताछ के दौरान सीबीआई ने उनके सामने नवीनगर में जमीन अधिग्रहण से संबंधित कई दस्तावेज भी रखे सीबीआई सूत्रों के अनुसार कंवल तनुज के लखनऊ और नोएडा स्थित ठिकानों में छापेमारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो प्रथम द्रष्टया संदिग्ध लग रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा में कल प्रदेश के विभिन्न केन्द्रों से सोलह फर्जी छात्रों को गिरफ्तार किया गया

वहीं पटना में सिपाही भर्ती को लेकर चल रही शारीरिक परीक्षा के दौरान उनतीस फर्जी परीक्षार्थियों को हिरासत में लिया गया है इधर मुजफ्फरपुर में आज होने वाली सेना भर्ती के प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक करने के मामले में बिहार रेजिमेंट के हवलदार हरीश को गिरफ्तार किया गया है पटना में गांधी मैदान से पीएमसीएच तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जायेगा अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम और पीएमसीएच तक पहुंचने में मरीजों को हो रही असुविधा को देखत हुये यह सड़क बनाने का निर्णय लिया गया है एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य इस वर्ष से आरंभ हो जायेगा पटना के पाटलिपूत्र स्पोर्टस कम्पलेक्स में अठारहवीं राज्यस्तरीय पैरा एथेलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इस प्रतियोगिता में तीस जिलों के तीन सौ पचास से अधिक दिव्यांग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पच्चीस से उनतीस मार्च तक हरियाणा के पंचकुला में आयोजित होने वाली अठारहवीं राष्ट्रीय पैरा एथेलेटिक्स के लिए बिहार टीम का चयन किया जायेगा वहीं सत्ताईस और अठाईस फरवरी को पटना में बिहार राज्य अन्तर प्रमंडल दिव्यांग खेल कूद प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने मुजफ्फरपुर में हुये सड़क हादसे की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी जगह दी है हिन्द्रस्तान का शीर्षक है स्कूली बच्चों पर चढ़ा दी बोलेरो नौ की मौत दैनिक जागरण ने सड़क हादसे के अलावा पीएनबी घोटाले पर केन्द्र सरकार के रूख को प्रमुखता देते हुये लिखा है पीएनबी घोटाले पर केन्द्र सरकार सख्त दैनिक भास्कर लिखता है आधार बिना फंस जायेंगे बीमा और पीएफ के पैसे बंद हो जायेगा फोन प्रभात खबर ने सुर्खी दी है पहली अप्रैल से लागू होगा ई वे बिल राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है बस्ते में कम होंगी किताबें

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी का दुबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन